चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने लोगों से मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहने की अपील की मानव संसाधान विकास मंत्रालय की ओर से विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए वेब पोर्टल मनोदर्पण आज से होगा शुरू

अदालत ने इस मामले में कल भी सुनवाई की थी कांग्रेस के उन्नीस विधायकों ने उनको अयोग्य घोषित करने के नोटिस को खारिज करने के लिए याचिका दायर की है

जयपुर के एमसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी के परिणामों को देखते हुए अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी इसके विस्तार के निर्देश दिए गए हैं कोटा में प्लाज्मा थैरेपी से गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा इसके लिए चार लोगों ने अपना प्लाज्मा दिया है

हालांकि नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि स्वदेशी रूप से विकसित टीके को वैक्सिन का मानव परीक्षण एम्स में शुरू कर दिया गया है उन्होंने बताया कि पंजीकरण प्रकिया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रक्त के नमूने लेने के बाद पहले चरण में एक सौ स्वस्थ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी

उन्होंने कहा कि इस मौसम में डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित और स्क्रब टाइफस बीमारियां फैलने की आशंका रहती हैं ऐसे में सावधानी से ही बचाव किया जा सकता है चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए कन्ट्रोल रूम की स्थापना और रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन करने के निर्देश दिए गए हैं

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है इस अवसर पर मानव संसाधन राज्य मंत्री उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभागों के सचिव तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने धर्मेन्द्र सिंह और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया

बिचौलिए ने यह रिश्वत डिस्कॉम की महिला जेईएन के लिए ली थी एक सिटी र्कन सेंटर में बिजली का अधिक लोड बताकर मीटर रीडिंग हटाने और नए कनेक्शन की एवज में रिश्वत मांगी गई थी संदिग्ध भूमिका के चलते जेईएन को भी मौके पर बुला पूछताछ की गई ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर बिचौलिए को गिरफ्तार किया जबकि जेईएन की भूमिका की जांच की जा रही है

प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सुझाव मांगे हैं